राज्य में बढ़ाई जा रही है कोरोना टेस्टिंग लैब की संख्या

कोविड नाइन्टीन से संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर तीन सौ बत्तीस हुई

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कल अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि हमें सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे निर्देशों का पालन करना चाहिए जिससे स्वयं के साथ दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें वर्ष भर स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर सभी प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए कोरोना महामारी के संकट के बीच लोगों की सेवा में जुटे डॉक्टरों नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आभार प्रकट किया है एक ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे आपस में सुरक्षित दूरी बनाए रखें घरों में रहें और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें उन्होंने कहा कि सभी के सम्मिलित प्रयास से कोरोना महामारी की चुनौती से निपटा जा सकता है

उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात के कारण पिछले चार दिनों में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्वि हुई है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना से प्रभावित हुए मजदूरों तथा अन्य वर्ग के लोगों को खाद्यान्न तथा अन्य समी प्रकार की सुविधाए उपलब्ध करा रही है श्रमिकों और मजद्रों के खातों में धनराशि सीधे स्थानान्तरित की जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिये जागरूकता बहुत अहम है मुख्यमंत्री कल प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई की व्यवस्थाओं के लिये राज्य में ग्यारह सदस्यीय कमेटी स्थापित की गई है मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में कोरोना टेस्टिंग केन्द्रों की संख्या बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में कोरोना टेस्टिंग के दस लैब काम कर रहे हैं दस मेडिकल कॉलेजों में जहां लैब की सुविधाएं उपलब्ध है उनको उच्चीकृत कर कोरोना टेस्टिंग लैब के रूप में बदला जा रहा है इसके अलावा चौदह अन्य मेडिकल कॉलेजों में लैब की स्थापना करते हुए उनमें कोविड नाइन्टीन बीमारी की टेस्टिंग की सुविधा प्रदान की जायेगी उन्होंने कहा कि राज्य के सभी मंडल मुख्यालयों पर जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां भी कोरोना टेस्टिंग लैब स्थापित किये जायेंगे उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर जहां टेस्टिंग की सुविधा नहीं है वहां कोविड कलेक्शन सेन्टर स्थापित किये जायेंगे मूख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की कार्रवाई कोरोना को रोकने की दिशा में बहत महत्वपूर्ण है इसे सभी स्वीकार करें और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें उन्होंने कहा कि सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि राज्य में कहीं भी भोजन का संकट न हो और उपचार में कोई भी शिथिलता न रहे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कोरोना को दूर करने में निश्चय ही सफलता मिलेगी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की स्थिरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण लोगों का स्वास्थ्य है देशव्यापी लॉकडाउन के दो सप्ताह पूरे होने के आकलन और इसके आगे की दिशा पर चर्चा करते हुए श्री नायड् ने कहा कि मौजूदा राष्ट्रव्यापी प्रतिबंधों से बाहर निकलने के बारे में कोई भी फैसला करने के लिए अगला सप्ताह महत्वपूर्ण होगा उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव की गति और इसके प्रभाव का विवरण मिल जाने पर ही लॉकडाउन समाप्त करने की रणनीति तय की जा सकती है

उन्होंने लोगों से भी यथासंभव आर्थिक मदद देने की अपील की है जौनपुर के विधान परिषद सदस्य और भाजपा के प्रदेश महामंत्री विद्यासागर सोनकर ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी विधायक निधि से एक करोड़ रूपये का योगदान दिया है पीलीभीत से भाजपा विधायक संजय सिंह गंगवार बाबूराम पासवान और किशन लाल राजपूत ने भी अपनी विधायक निधि से एक एक करोड़ रूपये मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए हैं इससे पहले ये तीनों विधायक कोरोना संक्रमण की चुनौती से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण व सामग्री की खरीद के लिए जिला प्रशासन को अपनी निधि से दस दस लाख रूपये दे चुके हैं पूरनपुर के भाजपा विधायक बाबूराम पासवान ने गरीबों की मदद के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की है इसका नम्बर है शुन्य पांच आठ आठ शुन्य दो छः दो दो शुन्य चार

सरकारी सूत्रों ने बताया कि केंद्र इस विषय पर विचार कर रहा है महामारी को फैलने से रोकने के लिए इक्कीस दिन के लॉकडाउन की अवधि चौदह अप्रैल को समाप्त हो रही है देशव्यापी लॉकडाउन और कोविड नाइन्टीन की वर्तमान स्थिति के आकलन के लिए कल नई दिल्ली में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्री समूह की बैठक हुई मंत्रियों ने इस महीने की चौदह तारीख के बाद लॉकडाउन में ढील देने के सभावित उपायों पर चर्चा की चिकित्सा सामग्री की खरीद और उपलब्यता तथा अस्पतालों की तैयारियों का भी बैठक में आकलन किया गया

इनमें से एक छिहत्तर मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हैं स्वास्थ्य विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार सबसे अधिक बासठ मामले आगरा जिले में हैं इसके बाद गौतमबुद्द नगर में अट्ठावन लखनऊ में चौबीस गाजियाबाद में तेईस मेरठ में तैंतीस शामली में सत्रह और सहारनपुर में तेरह व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है कोविड नाइन्टीन से संक्रमित होने वाले सत्ताईस मरीज पूरी तरह स्वस्थ भी हुए हैं देश में कोविड नाइन्टीन से संक्रमित लोगों की संख्या चार हजार चार सौ इक्कीस हो गई है तीन सौ चौवन नये लोगों में संक्रमण की पृष्टि हुई स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि पिछले चौबीस घटों में देश में आठ लोगों की मृत्यु हुई इसके साथ ही कोविड नाइन्टीन से मृतकों की संख्या एक सौ सत्रह हो गई उन्होंने कहा कि अब तक उपचार के बाद तीन सौ छब्बीस लोगों को छुट्टी दी गई है श्री अग्रवाल ने बताया कि सरकार वायरस को फैलने से रोकने के लिए क्लस्टर कंटेनमेंट की रणनीति अपना रही है उन्होंने कहा कि आगरा और गौतमबुद्ध नगर समेत देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में इस रणनीति के सकारात्मक परिणाम आये हैं भारतीय रेल ने ढाई हजार बोगियों को विशेष निगरानी स्थलों में परिवर्तित कर दिया है रेलवे ने आपात स्थिति के लिए चालीस हजार बिस्तर तैयार किये हैं प्रतिदिन लगभग तीन सौ पचहत्तर बोगियों को विशेष निगरानी वाले कोच में बदला जा रहा है रेल मंत्रालय ने बताया कि ये बोगियां केवल आपात स्थिति के लिए तैयार की जा रही हैं आयुष मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान स्वस्थ रहने और रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं मंत्रालय ने क्छ ऐसे उपायों का परामर्श जारी किया है जो आसानी से किए जा सकते हैं और स्वास्थ्य तथा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाई जा सकती है मंत्रालय ने कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाने के लिए लोग गर्म पानी पिएं प्रतिदिन कम से कम तीस मिनट योगासन प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास करें खाना पकाने में हल्दी जीरा धनिया लहसुन जैसे मसालों का प्रयोग करें प्रतिदिन सुबह एक चम्मच च्यवनप्राश लें मधुमेह रोगी शुगरफ्री च्यवनप्राश लें तुलसी दालचीनी कालीमिर्च सौंठ मुनक्का से बना काढा या हर्बल चाय का सेवन करें और दूध में हल्दी मिलाकर दिन में एक या दो बार लें क्शीनगर जिले में तबलीगी जमात के दस लोगों को पूलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्वारंटीन किया है पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि ये सभी लोग असम के रहने वाले हैं और पिछले महीने दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज में शामिल हुए थे उन्होंने बताया कि एक ई मेल के जरिये इन लोगों के छिपे होने की सूचना मिली थी